मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्य सचिव को इंसेफ्लाईटिस से निपटने के लिए किये जा रहे उपायों की निगरानी का निर्देश दिया है आज पटना मे लोक संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों के बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि भीषण गर्मी के कारण इस बार पिछले साल की तुलना में रोग के अधिक मामले सामने आ रहे हैं उन्होंने बताया कि उत्तर बिहार के बारह जिले के दो सौ बाईस प्रखंडों में इंसेफ्लाईटिस के मामले सामने आये हैं इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाईटिस से छत्तीस बच्चों की मौत की बात कही जा रही है आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पांडेय ने कहा कि अब तक ग्यारह बच्चों की मौत हुई है जिसमें दस बच्चों की मौत ग्लूकोज की कमी के कारण और एक की मौत एक्यूट इंसेफ्लाईटिस से हुई है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की एक उच्चस्तरीय टीम कल मुजफ्फरपुर का दौरा कर पूरे मामले की समीक्षा करेगी इधर तिरहत प्रमंडल के आयुक्त नर्मदेश्वर लाल ने आज मूजफ्फरपूर में इंसेफ्लाईटिस की रोकथाम के लिए किये जा रहे उपायों की समीक्षा की श्री लाल ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्रों पर भी जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है उन्होंने सभी मुखिया और जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों से पीड़ित बच्चों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की अपील की है मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग पर कायम है आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नीति आयोग की होने वाली बैठक में वे एक बार फिर इस मुद्दे को पूरी मजबूती के साथ उठायेंगे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को बंद किये जाने की वकालत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि इसके स्थान पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलायी जानी चाहिए यानि केंद्र सरकार देश में अगर कोई योजना चलाना चाहती है तो उसकी अपनी योजना हो श्री कुमार ने कहा कि उन्होंने इस बात को वित्त आयोग के समक्ष भी रखा है राज्य में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से जुड़े एक सवाल के जवाब में श्री कुमार ने कहा कि अधिकारियों को हर हाल में अपराध पर अंकुश लगाने के निर्देश दिये गये हैं उन्होंने बताया कि पच्चीस जून को एक बार फिर वे राज्य के आला अधिकारियों के साथ इस मुददे पर समीक्षा बैठक करेंगे पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में श्री कुमार ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि भाजपा के साथ उनकी पार्टी का कोई मतभेद नहीं है और बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट है उन्होंने यह भी कहा उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर से संबंधित धारा तीन सौ सत्तर हटाने का विरोध करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि जदयू ने शुरू से ही धारा तीन सौ सत्तर समान आचार संहिता और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर अपना रूख स्पष्ट कर रखा है उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि राम मंदिर का निर्माण न्यायालय के निर्णय से या आपसी सहमति से हो साथ ही पार्टी समान आचार संहिता को थोपे जाने के पक्ष में भी नहीं है राज्य सरकार ने पेयजल संकट को देखते हुये सत्रह जिलों में बाईस सौ नये हैंडपंप लगाने की स्वीकृति दी है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव जितेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि सबसे अधिक दो सौ हैंडपंप गया जिले में लगाये जायेंगे उन्होंने बताया कि अधिकारियों को एक सप्ताह के अन्दर चिन्हित स्थानों पर चापाकल लगवाने के निर्देश दिये गये हैं श्री श्रीवास्तव ने कहा कि वैसे क्ओं की भी साफ सफाई करवाई जायेगी जो अभी उपयोग में नहीं लाये जा रहे हैं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने भीषण गर्मी और लू से बचने की उपायों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिया है श्री अमृत ने बताया कि नगर विकास विभाग को शहरी क्षेत्र में प्याऊ की व्यवस्था करने और स्वास्थ्य विभाग को लू प्रभावित लोगों का समुचित इलाज सुनिश्चित करने को कहा गया है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 केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नई दिल्ली में इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे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 पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चम्पारण गोपालगंज शिवहर सीतामढ़ी पटना वैशाली और समस्तीपुर जिले के कई हिस्सों में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि तेज हवा के साथ बारिश हो रही है पश्चिम चम्पारण से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है पूर्वी चम्पारण जिले के मलाही थाना क्षेत्र अन्तर्गत नगदाहा गांव में आंधी के दौरान एक पेड़ के घर पर गिर जाने से एक बच्चे की मौत हो गयी वहीं दूसरी तरफ प्रदेशभर में भीषण गर्मी और लू का सिलसिला लगातार जारी है विशेषकर दक्षिण बिहार के अधिकतर हिस्सों में तापमान सामान्य से पांच से छह डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया है वातावारण में नमी की मात्रा अठाईस से तीस प्रतिशत के बीच बनी हुई है जिस कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि सोलह जून तक कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी हालांकि पूर्वी और उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश की सम्भावना बनी हुई है उन्होंने बताया कि अभी प्रदेश में मॉनसून के आगमन के लिए बेहतर दशाएं नहीं बनी हैं बीस जून के बाद ही मॉनसून के अनुकूल स्थिति बनने की सम्भावना है आज गया पैंतालीस डिग्री अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा पटना का अधिकतम तापमान तैंतालीस पूर्णियां का छत्तीस और भागलपुर का उनतालीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि किसान चौपाल के माध्यम से किसानों को खेती की नई तकनीकों के साथ साथ केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारियां दी जायेगी आज रोहतास जिले के रामपुर में किसान चौपाल का उद्घाटन करते हुये उन्होंने कहा कि सरकार वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है पूर्व मध्य रेल के सोनपुर छपरा रेलखंड पर नया गांव और सीतलपुर स्टेशन के बीच निर्माण कार्य को लेकर कल छह घंटों तक ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश क्मार ने बताया कि निर्माण कार्यों के चलते दस ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है रांची से गया आ रही एक निजी बस हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के दनुआ घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गयी जिसमें ग्यारह लोगों की मौत हो गयी और बाईस अन्य घायल हो गये मरने वालों में पांच गया के और एक जहानाबाद के रहने वाले थे घायलों का हजारीबाग सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है वैशाली जिले के सदर थाना के घोसवर गांव से पुलिस ने एक सौ पचास कार्टन विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं पश्चिम चम्पारण जिले के बलथर थाना क्षेत्र के सड़किटोला से एसएसबी और पुलिस की टीम ने छह लाख रूपये से अधिक मूल्य की नेपाली शराब बरामद की है मौके से एक चार पहिया वाहन भी जब्त किया गया है दूसरी तरफ पूर्वी चम्पारण जिले के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के दुबोली बांध के पास पुलिस ने तीन तस्करों को आठ सौ छिहत्तर बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है खगड़िया जिले की एक अदालत ने हत्या के लगभग ढ़ाई साल पुराने एक मामले में एक महिला समेत दो दोषियों को आजीवन कारावास और दस दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है बेगूसराय जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला समेत दो की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य घायल हो गये कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के भरसिया गांव के पास एक बस की चपेट में आने से एक मोटरसाईकिल सवार दो युवकों की मौत हो गयी खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के कंजरी गांव से पुलिस ने तीन अपराधियों को एक देशी कट्टा और बारह कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है